श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि उन्हॉने देशवासियों से आग्रह किया कि वे विपक्षी नेताओं के बयानों पर सवाल उठाएं हैशटैग जनता माफ नहीं करेगी के माध्यम से प्रधानमंत्री ने सैम पित्रोदा को निशाना बनाया जो कांग्रेस की ओर से विदेश मामलों को संभालते है खबर है कि श्री पित्रोदा ने कहा था कि मुम्बई आतंकी हमले के बाद भारत हवाई हमले कर सकता था लेकिन हमला इस मुद्दे का समाधान नहीं है श्री मोदी ने कहा है कि ऐसे बयान देकर कांग्रेस मान रही है कि वह आतंकी ताकतों का जवाब नहीं देना चाहती देश की जनता पहले से ही इस सच्चाई को जानती है पाकिस्तान के राष्ट्र दिवस पर कांग्रेस की ओर से आयोजन श्रू करने पर प्रधानमंत्री ने सैम पित्रोदा की निंदा की क्योंकि इससे देश के सशस्त्र बलों का अपमान हुआ है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

जबकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह गांधी नगर से चुनाव लड़ेंगे उन्होंने बताया कि पूर्व अध्यक्ष और गृहमंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव मैदान में उतरेंगे वहीं नागपूर से केन्द्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी चुनाव लड़ेंगे श्री नड्डा ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा क्षेत्र से जनरल वी के सिंह गाजियाबाद से डॉ महेश शर्मा गौतमबुद्ध नगर से और हेमा मालिनी मथ्रा से चुनाव लड़ेंगी

बहजन समाज पार्टी ने आज अपने ग्यारह उम्मीदवारों की पहली सुची जारी की जिसमें हाल ही में जनता दल सैक्यूलर जेडीएस छोड़कर पार्टी में शामिल हुए दानिश अली को अमरोहा से उम्मीदवार बनया गया है बसपा और सपा प्रदेश में लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं

अमेठी और रायबरेली सीट से सपा बसपा गठबंधन उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगा

उन्होंने बताया कि सहारनपुर से हाजी फजर्लुरहमान और गौतमबुद्दनगर से सतबीर नागर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी चौबीस मार्च को सहारनुपर में जनसभा कर लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में प्रचार अभियान की शुरूआत करेंगे भाजपा के प्रदेश इकाई के महासचिव और पश्चिमी क्षेत्र के प्रभारी विजय बहादुर पाठक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सहारनपुर में मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शाकृंभरी देवी के दर्शन के बाद जनसभा करेंगे उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य स्टार प्रचारक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर प्रचार करेंगे पहले दो चरण में राज्य के पश्चिमी क्षेत्र की लोकसभा सीटों पर मतदान होगा

इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और भाजपा के अन्य बड़े नेताओं का भी मार्च के अंतिम सप्ताह से राज्य में प्रचार करने का कार्यक्रम है कल रंगों का त्यौहार होली मनाने के बाद आज प्रदेश में कई स्थानों पर होली मिलन समारोहों के आयोजन किये जा रहे हैं कुछ स्थानों पर हास्य व्यंग कवि सम्मेलनों के आयोजन किये गये हैं उधर मथुरा में आज बलदाऊ जी की नगरी बलदेव में हुरंगे का आयोजन किया गया दाऊ जी मंदिर प्रांगण में आयोजित हरंगे को कपड़ा फाड़ होली भी कहा जाता है फाड़े गये कपड़ों से कोड़े बनाकर उन्हें रंगों में भिगो कर होली खेली जाती है होली के त्योहार पर पुलिसकर्मी सुरक्षा कार्यो में व्यस्त रहने चलते होली नहीं खेल पाते इसलिए होली के अगले दिन आज प्रदेश के सभी पुलिस थानो और पुलिस लाइन्स में होती का आयोजन हुआ इसमें सिपाही से लेकर उच्च अधिकारियों ने आपस में गले मिलकर होली मनाई और एक दूसरे को शुभकामनाएं दीं आज विश्व जल दिवस है इस अवसर पर ताजा पानी के महत्व और ताजा पानी के च्रोतों के टिकाऊ प्रबंधन के प्रयासों पर बल दिया जाता है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 विश्व जल दिवस मनाने का सुझाव उन्नीस सौ बानवे में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन ने दिया था बाइस मार्च उन्नीस सौ तिरानबे को महासभा ने पहला विश्व जल दिवस मनाया था